इससे पहले वैश्विक ऊर्जा कंपनियों के अधिकारियों के साथ की बैठक प्रदेश के नये महाधिवक्ता होंगें शशांक शेखर

हमारी साप्ताहिक श्रृंखला अच्छी खबर में सुनिये भोपाल में पीओपी निर्मित मूर्तियों के सुरक्षित विसर्जन पर विशेष रिपोर्ट पीएम हयूस्टन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप भी उनके साथ मौजूद रहेंगे एक विशाल फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पचास हजार से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों के भाग लेने की उम्मीद है

ये कंपनियां भारत से पहले ही किसी न किसी रूप में जुड़ी हैं इस दौरान ह्यूस्ट्न की एक प्रमुख ऊर्जा कम्पनी टेलुरियन और भारत की पेट्रोनेट एलएनजी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हयूस्टन से प्रधानमंत्री श्री मोदी न्यूयार्क जायेंगे वे कल संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे शुक्रवार को प्रधानमंत्री न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को संबोधित करेंगे महाधिवक्ता शशाक शेखर मध्यप्रदेश के नये महाधिवक्ता होंगें इस आशय के आदेश आज विधि एवं विधायी विभाग मध्यप्रदेश शासन ने जारी कर दिये हैं श्री शेखर वर्तमान में प्रभारी महाधिवक्ता के रूप कार्य कर रहे थे इस वर्ष मई में महाधिवक्ता राजेन्द्र तिवारी के निधन के बाद से यह पद खाली था पुलिस चौकी प्रदेश के सभी कन्या महाविद्यालयों में महिला पुलिस चौकी स्थापित की जायेगी महिलाओं की सुरक्षा और निगरानी के लिए यह फैसला लिया गया है उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को इसके लिए जरूरी व्यवस्था करने को कहा गया है

इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हमारी मांगें पूरी नहीं की तो अक्टूबर में प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे श्री चौहान ने कहा कि बिजली के बिल भी जमा नहीं किये जायेंगे इसके लिए एक संघर्ष समिति का गठन होगा जिसकी शुरुआत मंदसौर से होगी वहीं मंदसौर में शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में कुर्की के नोटिस और बढ़े हुए बिलों की प्रतियां भी जलाई गई

हड़ताल में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के लगभग सोलह हजार अधिकारी हिस्सा लेंगे

मौसम प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी मानसून सक्रिय रहा उज्जैन सागर भोपाल और ग्वालियर संभाग के अधिकांश स्थानों पर तथा इंदौर रीवा और जबलपुर संभागों में अनेक स्थानों पर वर्षा हुई मुंगावली में बारह सागर में नौ गुना में आठ तथा बदनावर में सात सेण्टीमीटर बारिश दर्ज की गई हमारे शिवपुरी संवाददाता ने बताया है कि यहां सिंध नदी उफान पर है जिसके चलते मणिखेड़ा बांध के आठ गेट खोले गये हैं उधर रायसेन जिले में हुई दो अलग अलग घटनाओं में आज दो बालक नदी के तेज बहाव में बह गये जिनकी तलाश की जा रही है

कल रात बारिश होने के चलते सकतपुर नदी उफान पर थी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

इस बार अच्छी खबर में आप जानेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी की मूर्तियों के सुरक्षित और सम्मानजनक विसर्जन के बारे में

वे यहां बाढ़ प्रभावितों से भेंट करेंगे